ठीक हुए लोगों में से दो हजार सात सौ अठारह लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है

संकमण के फैलाव की आशंका को देखते हुए क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लाग कर दी गयी है करौली जिले में आज केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से जिला चिकित्सालय प्रलिस अधीक्षक कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय सहित पांच स्थानों पर हैण्ड सैनेटाइजर मशीन लगायी गयी उदयपुर में बाजार व्यापार संघ की ओर से प्रचण्ड गर्मी में डयूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क हेलमेट चश्मे सेनेटाइजर भेंट किए गए

पाली से आज एक ट्रेन पाली बाड़मेर और सिरोही के श्रमिकों को लेकर आगरा होती हुई वाराणसी की ओर रवाना होगी

बीकानेर से पहली श्रमिक ट्रेन उत्तरप्रदेश के देवरिया के लिए आज रात दस बजे रवाना होगी उदयपुर से आज दो रेलगाड़ियां ढाई हज़ार से ज्यादा प्रवासियों को लेकर बिहार के कटिहार और झारखंड के डाल्टनगंज के लिए रवाना हुई पाली से लगभग डेढ हजार श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी पश्चिमबंगाल के हावड़ा के लिए रवाना हुई

दूसरे राज्यों से श्रमिकों को राजस्थान लाने का सिलसिला भी चल रहा है केरल से लगभग डेढ हज़ार श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी सवाईमाधोपुर पहुंची

विशाखापटनम से लगभग आठ सौ प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष रेल गाडी आज जालौर पहुंची इसमें जालौर सिरोही पाली और बाड़मेर के मुसाफिर आए इन यात्रियों को रोड़वेज की बसों से उनके शहर के लिए रवाना किया गया हावड़ा से चलकर आज रात एक श्रमिक ट्रेन बीकानेर के लालगढ स्टेशन पहुंचेगी प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के यहां पहुंचने पर उनकी जांच और स्कीनिंग की व्यवस्था की गई है

मनरेगा काम पर रोजगार से मिलने वाला पैसा सीधे गरीब और मेहनतकश लोगों के खाते में पहुंच रहा है हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि इससे ग्रामीण परिवारों का बडा सम्बल मिला है

हालांकि टिड्डी दल ने जैसलमेरअजमेरजोधपुर और व्यावर में दस्तक दे दी है बीकानेर में टिड्डी दल का हमला न हो इसके लेकर कृषि विभाग की नियंत्रण टीम और बीएसएफ टीम संयुक्त कार्यवाही में जुटी है प्रदेश में टिइडी का फैलाव कई जिलों में हो गया है टोंक और भीलवाड़ा की सीमा से लगते अजर्मेर जिले के कई इलाकों में टिडि्डयों के आ जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है कृषि विमाग ने टिड़डी भगाने के लिए तेज आवाज में थाली बजाने और ध्रंआ करने की सलाह दी है पाली के पास काजरी में टिडिंडयों के दो दल एक साथ आने के बाद शहर के ॅलोगों ने थाली बजाकर इन्हें भगाने का प्रयास किया

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज अपने निवास से कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण खरीफ फसलों की बुवाई की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर टिड्डी प्रकोप की आशंका के चलते ज्यादा प्रभावी सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होगी उन्होंने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए उन्होंने कीटनाशक की पर्याप्त उपलब्यता सुनिश्चित करने को भी कहा श्री कटारिया ने किसानों का सकिय सहयोग लेने के निर्देश दिए कृषि मंत्री ने काश्तकारों के लिए खरीफ बुवाई के लिए समय पर बीज और खाद की व्यवस्था करने के निर्देश दिए श्री कटारिया ने बताया कि इस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दी गयी है

समीक्षा के दौरान प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जहां गाड़ियां पहंचने में मुश्किल होती है वहां ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा

यह राशि जिले के किसानों के खातों में आनी शुरू हो गयी है

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को स्वयँ की सेनेटाइजर की बोतल ले जानी होगी और मास्क लगाना जरूरी होगा

प्रदेश के बाकी जिलों में इस तरह के किट बांटे जाने का कार्यकम जल्दी ही शुरू हो जाएगा

वे राजस्थान पश् चिकित्सा और पश् विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना के दस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे

करौली में भीषण गर्मी के बीच आज कई जगह आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया